बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के विश्वास की अभिव्यक्ति है जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूरा भरोसा है वजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम किसानों की आय दोगुनी करने मजबूत बुनियादी ढांचा स्वस्थ भारत सुशासन युवाओं के लिए अवसर सबके लिए शिक्षा महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्दता व्यक्त होती है वित्तमंत्री ने बजट अनुमानों में पूंजीगत बजट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है इसके लिए पांच लाख चौवन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है जो दो हजार बीस इक्कीस के बजट अनुमान से चौंतीस दशमलव पांच प्रतिशत अधिक है पचहत्तर वर्ष से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों और केवल पेंशन पर निर्मर व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने से छट दी गई है आत्मनिर्भर भारत के लिए तेरह क्षेत्रों को विनिर्माण में वैश्विक चैम्पियन बनाने के उद्देश्य से बजट में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई घोषित की गई है वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलये ने देश के लिए रेल योजना दो हजार तीस तैयार की है बजट में तीन नई रेल परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैँ वित्तमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव है अगले तीन वर्षो में सौ से अधिक जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ा जायेगा स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जायेगा बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना पर निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए तीन क्षेत्रों निवारक उपचारात्मक सुधारात्मक और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है वित्मंत्री ने कहा कि एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्मर स्वस्थ भारत योजना चौंसठ हजार एक सौ अस्सी करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ छ वर्ष के लिए शुरू की जाएगी वित्त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष दो हजार इक्कीस से दो हजार छब्बीस तक एक लाख इकतालीस हजार छः सौ अठहत्तर करोड़ रूपए के क्ल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा श्रीमती सीतारामन ने प्राने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्द रूप से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की इसके अन्तर्गत बीस वर्ष पुराने व्यक्तिगत और पन्द्रह वर्ष पुराने वाणिज्यिक वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस केन्द्रो में फिटनेस जांच करानी होगी वित्तमंत्री ने कहा कि स्वदेश में निर्मित न्यूमोकोल वैक्सीन को पूरे देश में दिया जायेगा अब तक इसे केवल पांच राज्यों में दिया जा रहा है इससे प्रति वर्ष पचास हजार से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी बजट में कोविड नाइन्दीन वैक्सीन के लिए पैंतीस हजार करोड़ रुपए प्रदान किये गए हैं तथा आवश्यकता होने पर अधिक राशि देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है

उन्होंने अपने टवीट में ऐतिहासिक व्यावहारिक और विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन को बधाई दी है श्री योगी ने कहा कि यह बजट निश्चित रूप से देश के प्रत्येक नागरिक की वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को रोजगार व्यापार और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला बजट बताया अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने पर जोर दिया गया है बजट में किये गये प्रावधानों से किसानों को आसानी से और अधिक ऋण मिल सकेगा बजट में देश की मंडियों को भी सशक्त बनाने के लिये प्रावधान किये गये हैं प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट मूलभूत सुवियाओं को बढ़ावा देने वाला हर वर्ग का ख्याल रखने वाला अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने वाला है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृतसंकल्यित है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौ इकहत्तर नये मामले सामने आए हैं राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार तीन सौ तीन रह गई है इस बीच कोविड जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है प्रदेश में कल एक दिन में एक लाख एक हजार तिरानबे कोविड नमूनों की जांच की गई